अटल वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है उन्हें जीवनरक्षक प्रणाली पर रखा गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अबसे कुछ देर पहले जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी श्री वाजपेयी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है मुख्यमंत्री ने श्री वाजपेयी के गिरते स्वास्थ्य के मद्देनजर अपनी जनआशीर्वाद यात्रा स्थगित कर दी है उन्होंने अपने ट्विट संदेश में कहा है कि वे श्री वाजपेयी की दीर्घायू की कामना करते हैं छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने भी अटल जी के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की अटल जी की जन्मस्थली ग्वालियर में भी उनके स्वस्थ होने की कामना को लेकर प्रसंशक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं उज्जैन के महांकाल मंदिर में अटल जी के स्वास्थ्य लाभ को लेकर महामृत्युंजय जाप किया गया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपने ट्विट संदेश में अटल जी के स्वास्थ्य लाभ को लेकर कामना की

इस बीच अब जो लोग कल शाम को तेज पानी के बहाव में बह गये हैं उन लोगों की तलाश में बचाव टीम संयुक्त अभियान चला रही हैं पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगड़कर ने बताया है कि जो लोग पानी में बह गये हैं उनकी तलाश की जा रही है अभी तक यह पता नहीं लगा है कि कुल कितने लोग लापता हैं हालंकि प्रत्यक्षदर्शीयों के मुताबिक दस से बारह लोग पानी के तेज बहाव का शिकार बन गये थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे में फंसे हुए लोगों की जान बचाने में सहयोग देने वाले तीन स्थानीय लोगों को पांच पांच लाख रूपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की इन युवकों के नाम कल्लूबाथम रामसेवक प्रजापति और निशात खान हैं

वहीं जलसंसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जलाशय से पानी नहीं छोड़ा गया है लगातार बारिश होने से यह स्थिति बनी है कमलनाथ यात्रा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज बडवानी जिले के दौरे पर हैं वे यहां आयोजित किसान महासम्मेलन में शामिल हो रहे हैं इस दौरान वे किसानों से भी चर्चा करेंगे वहीं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बालाबच्चन भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कल कहा कि अगर संसदीय चुनाव समय से पहले कराए जाते हैं तो चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव और चार राज्यों के विघानसभा चुनाव दिसम्बर में एक साथ कराने में सक्षम है श्री रावत की यह टिप्पाणी यह प्रछने पर आई कि दिसम्बर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिज़ोरम और राजस्थान में विघानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव कराने के लिए क्या चुनाव आयोग तैयार है हालांकि श्री रावत ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले कराने का सवाल पूरी तरह काल्पनिक और अटकलबाजी है

अब मरीजों को बेहतर इलाज मिल पायेगा

पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है

पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है